वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी सरकार के अनेक महत्वपूर्ण फैसलों की श्रृंखला में से प्रमुख कड़ी थी श्री जेटली ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों को भी औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने की सूनिश्चित व्यवस्था की दृष्टि से वित्तीय समावेशन भी अहम फैसला था नोटबंदी के दो वर्ष पूरे होने के मौके पर श्री जेटली ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि सरकार का पहला लक्ष्य देश के बाहर से कालाधन वापस लाना और देश के भीतर टैक्स का भुगतान करके कालेधन को सफेद करना था उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से नगदी पर आधारित है और नोटबंदी से लोगों को नगद राशि बैंकों में जमा करानी पड़ी श्री जेटली ने कहा कि जमा की गयी और लोगों के पास मौजूद नगदी का पता लगने से सत्रह लाख बहत्तर हजार खाताधारी संदेह के दायरे में आ गये जिनसे ऑनलाइन जवाब मिल चुका है

वित्त मंत्री ने बताया कि नोटबंदी के असर से व्यक्तिगत आयकर की वसूली भी बड़ी

भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने आकाशवाणी से खास बातचीत में बताया कि नोटबंदी से जहां एक ओर भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है वहीं दूसरी ओर देश विरोधी गतिविधियां नियंत्रित में हैं बाइट नोटबंदी से देश को बहुत बड़ा फायदा हुआ उनका रूपया था उनको वाइटमनी करनी पड़ी जो लोग भ्रष्टाचार करके पैसा कमाये थे उसको उनको वाइटमनी करनी पड़ी भारत सरकार के खजाने में नियमानुसार उनको जमा करना पड़ा साथ ही साथ जो ऐसे आतंकवादियों के द्वारा गतिविधियां चलाई जाती थी देश विरोधी गतिविधियां उस पर अंकुश ल गा जो नक्सलाइज मूवमेंट चल रहा था उस पर कही कही नोटबंदी का बहुत बड़ा असर पड़ा उस पर भी अंकुश लगा

उधर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि नोटबंदी का असर हर व्यक्ति पर पड़ा चाहे वह किसी भी आयु धर्म व्यवसाय या जाति का है एक बयान में श्री सिंह ने कहा कि नोटबंदी का रोजगार पर भी सीधा असर पड़ा है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार से आग्रह किया कि आर्थिक नीतियों में निश्चितता और पारदर्शिता बहाल करे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के विकास में श्री आडवाणी का योगदान सराहनीय रहा है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन हार्दिक शुभकामनाएं दी है उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मैं उनकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं उत्तर भारत में दीपावली के बाद विभिन्न इलाकों में वायु ग्णवत्ता की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है आज सुबह प्रदेश में लखनऊ और मुरादाबाद तथा बिहार की राजधानी पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक चार सौ से अधिक रहा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

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि किसी उम्मीदवार के आपराधिक मामलों का प्रचार करने पर होने वाला खर्च उम्मीदवार के च्रनावी खर्च का हिस्सा माना जाएगा यह खर्च उम्मीदवार और उसका राजनीतिक दल उठायेगा यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद की गयी है

निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि नामांकन भरने के बाद आपराधिक मामले की स्थिति बदल जाती है और उम्मीदवार चाहे तो चुनाव अधिकारी को बदली हुई स्थिति की जानकारी दे सकते हैं तथा नई स्थिति प्रकाशित करा सकते हैं प्रदेश भर में आज गोवर्धन और अन्नकूट पूजा श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ मनाई जा रही है मथुरा के ब्रज मंडल के प्रमुख तीर्थस्थल गोवर्धन में गोवर्धन प्रजा ध्मधाम से मनाई जा रही है मथ्रा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और द्वारिकाधीश सहित अन्य मंदिरों में भी गोवर्धन प्रजा और अन्नकूट का विशेष आयोजन किया गया है पेश है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट मथुरा के गोवर्धन मं आज गोवर्धन पूजा की धूम रही यहाँ लाखों देशी और विदेशी कृष्ण भक्तों ने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर पूजा अर्चना की बजमंडल में गोवर्धन पूजा का अपना एक अलग ही महत्त्व है ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण न इन्द्र का मान मर्दन करते हुए गोर्व्धन पर्वत को अपनी ऊँगली पर उठा लिया था तभी से ब्रज म गोवर्धन पूजा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है यहाँ साधु संतों ने गिरिराज महाराज की शोभा यात्रा निकाली और उनका अभिषेक किया यहाँ वृंदावन के इस्कॉन अक्षयपात्र के राधा वृन्दावन चंद्र मंदिर प्रियकांत जू मंदिरमदन मोहन मंदिर गोविंद देव मंदिर गोपीनाथ मंदिर राधा दामोदर मंदिर राधा श्यामसुंदर मंदिर राधारमण मंदिर और गोकुलानंद मंदिर में भी अन्नकूट पूजन का आयोजन किया गया कच्चे प्रसाद का ढेर गिरिराज की आकृति में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता रहा भजनों पर नाचते गाते विदेशी कृष्ण भक्तों ने अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का जमकर आनंद उठाया

अयोध्या में भी आज अन्नकूट महोत्सव धूम धाम से मनाया जा रहा है और जानकारी हमारे प्रतिनिधि से चौदह वर्ष वनवास के दौरान विषम परिस्थियों में रहे भगवान राम को आज छप्पन प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर उन्हें तृप्त करने के लिए सुबह से ही सभी मंदिरों में छप्पन प्रकार के व्यंजन बनाये गए प्रथम आरती के बाद भगवान को व्यंजनों का भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में वितरित किया जा रहा है अन्नकूट महोत्सव की धार्मिक क्रियाओं के बारे में बता रहे हैं झुनकी घाट के महंत श्री प्रभंजनानंद जी महाराज बाइट भगवान को प्रातः काल साढ़ तीन बजे अभिषेक किया जाता है वो साढ़े तीन घंटे का अभिषेक होता है मंजन होता है उसके पश्चात् वैदिक परम्परा से पूजन अर्चन होती है उसके बाद भगवान को सजाया जाता है

ठाकुर जी हमारे भाव को आप ग्रहण करें अन्नकूट महोत्सव में प्रसाद पाने के लिए देश विदेश के क्षेत्रों से आये श्रद्वालु पंक्तिबद्ध देखे जा रहे हैं राजेंद्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या उधर बलरामपुर जौनपुर सहित अन्य जिलों म भी गोवर्धन और अन्नकूट पूजा की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट संदेश के माध्यम से समस्त देशवासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी कुवैत में दो नवम्बर से ग्यारहवीं एशियन एयरगन शूटिंग चैम्पियनशिप चल रही है जिसमें मेरठ के सौरभ चौधरी ने दस मीटर एयर पिस्टल जूनियर पुरूष वर्ग स्पर्धा में अपना स्वर्णिम अभियान जारी रखते हुए फाइनल में स्वर्ण पदक जीता सौरभ बागपत के बिनौली गांव में शूटिंग रेंज पर अभ्यास करते हैं पदक जीतने पर उनके साथियों न बिनौली क्लब में मिठाई बांट कर खुशियां मनाई सौरभ के कोच अमित श्योराण ने बताया कि पदक जीतने पर बहुत खुशी हो रही है वह सौरभ से ओलम्पिक में देश के लिए स्वर्ण जीतने की उम्मीद रखते हैं

समाप्त